सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखें और अब समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस की प्रशंसा की है और कहा है कि यह वैश्विक मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक नीति है उन्होंने कहा कि नई नीति जाने माने शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपत्ली राधाकृष्णन के दृष्टिकोण के अनुरूप ही है भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ की पन्चानेबीवीं राष्ट्रीय बैठक तथा वाइस चासलरों के राष्ट्रीय सेमिनार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र देश में संस्थागत और शैक्षिक मजबूती पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि बच्चे विशेष क्षमताओं से सम्पन्न होते हैं और संस्थागत मजबूती के साथ उनकी संकल्प शक्ति को बल देने से उन्हें मानसिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाया जा सकेगा प्रघानमंत्री ने युवाओं और उनके कौशल पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना केवल युवाओं के सक्रिय योगदान से हासिल किया जा सकता है

आज डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्वा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों ने एक नये लोकतांत्रिक भारत की परिकल्पना की थी

फ्र्वानमंत्री ने इस अवसर पर किशोर मकवाना द्वारा लिखित डॉक्टर आम्बेडर के जीवन पर आधारित चार पुस्तकॉ का विमोचन किया

श्री मोदी ने सबसे यह आग्रह भी किया कि वे बाबा साहेब के जीवन और सिद्वांतों को समझें केन्द्र सरकार ने सीबीएसई की बारहवीं की परीक्षा स्थगित कर दी है और दसवीं की परीक्षा रद्द कर दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की सरकारी सुत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने देश भर में अगले महीने निर्धारित सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बारे में विचार किया प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की भलाई सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए और साथ ही उनकी पढाई का भी नुकसान न हो कोविड की मौजूदा स्थिति स्कूलों के बंद होने और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की गई है पहली जून को स्थिति की समीक्षा के बाद परीक्षा के बारे में फैसला किया जायेगा आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दसवीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और परिणामों को बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जायेगा कई राज्यों ने कोविड के बढते मामलों के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी

डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म चौदह अप्रैल अट्ठारह सौ इक्यानबे को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मह कस्बे में हुआ था उन्हें उन्नीस सौ नबे में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया न्यायवादी अर्थेशास्त्री राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक डॉक्टर आम्बेडकर ने समाज के वचित वर्गो के प्रति सामाजिक भेदभाव समाप्त करने के लिए जीवनभर संघर्ष किया उन्होंने कहा था कि राष्ट्र का निर्माण उसकी परम्पराएं संस्कृति धर्म जातियां और भाषाएं मिलकर ही करती हैं इसलिए राष्ट्रवाद में संकीर्णता का कोई स्थान नहीं राष्ट्र को जीवन्त बताते हुए वे कहते थे राष्ट्रीयता सामाजिक चेतना है और बंधुत्व की भावना इसी से विकसित होती है और संकीर्णता का विचार इसमें सबसे बड़ी बाधा है

श्री कोविंद ने एक संदेश में कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर जीवन भर प्रतिकूलताओं के बीच अपने लक्ष्य पर डटे रहे और असाधारण उपलधियां हासिल कीं श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि समाज के वचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का डॉक्टर आम्बेडकर का संघर्ष प्रत्येक पीढी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा

वे कल से पृथकवास में हैं एक ट्वीट सदेंश में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वे अपना इलाज करवा रहे हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित है ट्वीट संदेश में श्री अखिलेश ने कहा कि कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ये आइसोलेशन में हैं राज्य में तीन जिलाधिकारियों सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक दर्जन वरिष्ठ अधिकारी भी संक्रमित पाए गए हैं मुख्यमंत्री की ग्यारह सदस्यीय टीम के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी कोविड संक्रमित हैं